स्रक्षित रहें और इन तीन आसान उपायों का पालन करें

बीकानेर में एनसीसी कैडेट्स की ओर से पैदल मार्च निकाला गया इस दौरान लोगों से जन अनुशासन पखवाडा की गाइड लाइन की पालना करने की अपील की गई ब्रेंदी में लोगों को सचेत करने के लिए शहर में लाउड स्पीकर से संदेश दिये जा रहे है सवाईमाधोपुर में स्काउट गाईड की ओर से विभिन्न स्थानों पर लोगों को मास्क लगाने दूरी बनाये रखने बेवजह घर से न निकलने और सनेटाईजर का उपयोग करने के बारे में प्रेरित किया गया अलवर में पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम में हरियाणा बॉर्डर का जायजा लिया और अधिकारियों से आरटीपीसीआर नैगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी जिले में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिये बारां में प्रशासन ने सख्ती दिखाई और क्छ व्यापारियों द्वारा दुकाने खोले जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उनके चालान बनाये सवाईमाधोपूर में पूलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजारों का निरीक्षण कियाँ और बिना मंजूरी खूली हई पांच द्रकानों को सीज कर दिया

बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग की टीमें जागरूकता संदेश दे रही है वहीं बांसवाड़ा की तहसीलदार दिशा गांधी ने लोगों से उचित कोविड व्यवहार अपनाने और गाइड लाईन की पालना करने की अपील की

हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिले में चिकित्सा विभाग के दल घर घर जाकर लोगों के सेहत की जांच कर रहे है उनका ऑक्सीजन स्तर और तापमान देखा जा रहा है

ब्रंदी में चिकित्सा कर्मियों के साथ नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी भी सर्वे के काम में जुटे हये हैं

ब्रंदी जिले में देवी मंदिरों में कोविड गाइड लाइन के अनुसार पूजा अर्चना की गई वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के कारण सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता का मंदिर कल से ही दर्शार्थियों के लिए बंद कर दिया गया वहां अष्टमी की पूजा महंत और पुजारियों द्वारा की गई झालावाड़ जिले के रातादेवी द्धाखेड़ी और अन्नपूर्णा माता मंदिरों में इस बार नवरात्रि मेलों का आयोजन नहीं किया गया टोंक में ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में कोविड गाईडलाईन से प्रजा अर्चना की गई दौसा जिले में कोविड की दूसरी लहर के कारण मंदिरों में कोई कार्यक्रम नहीं हये और लोगों ने घर में ही धार्मिक अनुष्ठान किये हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध शक्ति पीठ कैला देवी के पट बंद होने से वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं हुआ

श्रीगंगानगर में दोपहर में बारिश हुई जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट हुई जयपुर में शाम को आंधी के बाद बरसात हुई ब्रूंदी में भी दोपहर बाद बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जो फसलें कट कर तैयार हो चुकी है या खलिहान में अभी भी पड़ी है उसका सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें